ये पर्व ब्राई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस दिन को नवरात्र और दुर्गा पूजा के समापन के रूप में भी मनाया जाता है इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज से शुरू हो रहा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में आज शाम दशहरा उत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे इससे पहले राज्यपाल दोपहर तीन बजे शुरू होने वाली भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा में भाग लेंगे इस रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ के साथ साथ जिले भर के देवी देवताओं के रथ भी शामिल होंगे आचार्य देवव्रत दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई जाने वाली विकासात्मक प्रदशर्नियों का शुभारंभ भी करेंगे सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू दशहरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है इस बार संदिग्धो पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी सहित ड्रोन कैमरो की मदद ली जा रही है प्रदेश सरकार राज्य की बहुमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने ये बात धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय दशहरा उत्सव समारोह की सांस्कृतिक संध्या के दौरान कही उन्होंने बताया कि सरकार ने आज पुरानी राहों से योजना शुरू की है जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्मृतियों ऐतिहासिक घटनाओं तथा अनछुई सांस्कृतिक धरोहरों विरासतों को हैरिटेज गाईड के माध्यम से बताया जायेगा जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही प्रदेश की संस्कृति को धरोहर को संजोए रखना संभव होगा प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की ऊँची चोटियों पर कल हल्का हिमपात हुआ जिससे बर्फीली हवाएं चल रही है और ठंड बढ़ गई है मौसम के इस बदले मिजाज से घाटी के किसान व बागवान परेशान हैं घाटी में इन दिनों सेब और आलू की फसल को मंडियों तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है इधर राजधानी शिमला व इसके आस पास के इलाकों में भी सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है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

दैनिक भास्कर की सुर्खी है कल्लू दशहरा उत्सव आज से सौ से ज्यादा देवी देवता करेंगे शिरकत आपका फैसला का शीर्षक है रघुनाथजी की ऐतिहासिक रथ यात्रा से देव महाकुभ का आगाज आज जबकि पंजाब केसरी के अनुसार लक्ष्मण अवतार बालूनाग कुल्लू पहुंचने से पहले ही नजरबंद

दैनिक भास्कर लिखता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर बनाए जा रहे पुलों के निर्माण मे अनयिमिततांए केंद्र ने उठाए सवाल

केंद्रीय स्वास्थय मंत्री जेपीनड्डा के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है केंद्र में खुश सीएम पद की दौड़ में नहीं इसी अखबार की एक अन्य खबर है शिमला को श्यामला बनाने की मुहिम सरकार करेगी विचार हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अभी और बनेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अजीत समाचार के शब्द हैं विपक्ष को सरकार से सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं

इसी पत्र के अनुसार पर्यटन और उर्जा क्षेत्र में निवेश पर जयराम सरकार का फोकस हमीरपुर से सुरेश चंद को प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस देगी भाजपा को बड़ा झटका आपका फैसला की एक खबर है हिमाचल दस्तक के अनुसार सिंगल टीचर स्कूलों से तबादले पर रोक जारी हुए ट्रांसफर आदेशों पर भी नहीं होगा अमल अब एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जाति की दिवारें में लिखता है कि भगवान ने जब सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है तो मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह जाति के आधार पर किसी का अपमान करें